सभी जिलों के लिए मतगणना संबंधित जिला मुख्यालयों पर होगी

साढ़े आठ बजे से ईवीएम मशीनों के मत गिने जाएंगे

भोपाल की सभी विधानसभा सीटों पर मतगणना के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सुदाम खाड़े ने कल मतगणना स्थल पुरानी जेल में व्यवस्थाओं की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने आवश्यक निर्देश भी दिए

अनाधिकृत लोगों का मतगणना स्थल पर प्रवेश वर्जित रहेगा मतगणना स्थलों की ओर का यातायात भी परिवर्तित किया जाएगा

मानवाधिकार आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है इस अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं भोपाल में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है कार्यशाला की मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं

धार में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सायबर सिक्यूरिटी और मानव अधिकार विषय पर वक्तव्य हो रहे हैं खंडवा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस मौके पर आम लोगों को मानव अधिकारों के लिये जागरूक किया जा रहा है बुरहानपुर के शासकीय महाविद्यालय में मानव अधिकार विषय पर कार्यशाला का आयोजन जा रहा है

इस दौरान सिवनी शहर में हल्की ओलावृष्टि भी हुई कोहरा होने से दलहन फसलों को काफी नुकसान होने की संभावना है इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार